प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मीडिया से लोगों को घर पर रहने के लिए संदेश देने का अभियान चलाने का किया आहवान लॉकडाउन राज्य सरकार ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए प्रदेश में आगामी आदेशों तक लॉकडाउन की अधिसूचना जारी कर दी है यह अधिसूचना मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा विधानसभा में लॉकडाउन की घोषणा करने के बाद जारी की गई

इस संबंध में अधिसूचना जारी होने के बाद सभी अंतर्राज्यीय और राज्यों के भीतर लोगों के आवागमन पर रोक लगा दी गई है यह रोक टैक्सी निजी और कांट्रैक्ट कैरेज वाहनों तथा ऑटो रिक्शा पर भी लागू होगी इस दौरान राज्य में न तो कोई रेलगाड़ी चल सकेगी और न ही व्यावसायिक उड़ाने आ सकेंगी निजी वाहन भी केवल तमी चलेंगे यदि लोगों को आपात स्थिति में अस्पताल जाना है हालांकि गुड्स कैरियर वाले वाहन राज्य में चल सकेंगे अधिसूचना के मुताबिक लॉकडाउन में समी दुकानें व्यावसायिक प्रतिष्ठान फैक्ट्रिया वर्कशॉप और गोदाम बंद रहेंगे हालांकि राशन दूध ब्रैड फल सब्जी मीट मछली तथा अन्य बिना पके भोजन की दुकानें और इन्हें लाने ले जाने वाले वाहनों पर छूट रहेगी इसी तरह अस्पताल दवाईयों की दुकानें ऑप्टिकल स्टोर दवा बनाने वाली इकाईयां पैट्रोल पंप रसोई गैस और उनके गोदाम दवाई बनाने के उद्देश्य से एल्कोहल बनाने वाली फैक्ट्रियां तथा अन्य आवश्यक सामान बनाने वाली इकाइयां भी खुली रहेंगी

इस अवधि में लोगों को पूरी तरह से घरों पर ही रहना होगा और केवल आवश्यक सामान खरीदने के लिए ही घर से बाहर आने की इजाजत होगी प्रत्येक व्यक्ति को कोरोना से बचाव के दृष्टिगत एक दूसरे से दूरी बनाए रखनी होगी लॉक डाउन आदेशों में कहा गया है कि लॉक डाउन की अवधि में कानून व्यवस्था और मैजिस्ट्रियल ड्यूटी से जुड़े कार्यालय पुलिस सैन्य बल अर्धसैनिक बल स्वास्थ्य कोषागार स्थानीय शहरी निकाय और ग्रामीण विभाग अग्निशमन बिजली पानी नगर निगम सेवाएं बैंक एटीएम प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया टेलीकॉम डाक सेवाएं और सप्लाई चेन से जुड़े कार्यालय काम करेंगे और इन विभागों के सभी कर्मचारियों की छट्टियां रद्द कर दी गई हैं तथा केवल विशेष परिस्थितियों में ही संबंधित विभागों के कर्मचारियों व अधिकारियों को छुट्टी दी जाएगी रितेश कपूर आकाशवाणी समाचार शिमला

इसके अलावा विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत वर्करों को भी बढ़ा हुआ मानदेय पहली अप्रैल से जारी किया जाएगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन की अवधि के दौरान किसी भी दिहाड़ीदार या अनुबंध कर्मचारी के पैसे नहीं काटे जाएंगे

लेकिन प्रादेशिक समाचार बुलेटिनों का प्रसारण सामान्य रूप से चलता रहेगा

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस संबंध में सदन में वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जिसे सत्तापक्ष और विपक्ष ने ध्वनिमत से पारित कर दिया

इस बीच विश्वमर में फैले कोरोना वायरस के चलते प्रदेश विधानसभा की सात बैठकें स्थगित कर दी गई हैं

उन्होंने कहा कि सदन की शेष सात बैठकों को मानसून और शीतकालीन सत्र में पूरा किया जाएगा विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने भी प्रस्ताव का समर्थन किया और बाद में सदन ने इस प्रस्ताव को पास कर दिया इसके साथ ही विधानसभा का बजट सत्र अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दिया गया विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने सत्र को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग के लिए दोनों पक्षों का आभार जताया

मीडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया से अनुरोध किया है कि वह लोगों को घर पर ही बने रहने के लिए संदेश देने का अभियान चलाए विभिन्न संचार माध्यमों के प्रमुखों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बातचीत में आज उन्होंने कहा कि इससे लोग मामले की गंभीरता को समझेंगे और लॉकडाउन को भी गंभीरता से लेंगे प्रधानमंत्री ने मीडिया कर्मियों से भी समी तरह की सावधानी बरतने का अनुरोध किया प्रधानमंत्री के साथ सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी संचार माध्यमों के प्रमुखों से चर्चा की उन्होंने कोरोना संक्रमण के बारे में लोगों को जागरूक बनाने में मीडिया की भूमिका पर चर्चा की

सरकार ने कहा कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि बहत से लोग लॉकडाउन को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं